प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है किसमस का पर्व

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल राजभवन में आयोजित एक समारोह में दोपहर तीन बजे मंत्रियों को शपथ दिलायेंगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श कर मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले नामों को अंतिम रूप दिया उन्होंने पिछले चार दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एन्टोनी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर कई दौर की बातचीत की पार्टी सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह सज्जन सिंह वर्मा बाला बच्चन दीपक सक्सेना तुलसीराम सिंलावट नर्मदा प्रसाद प्रजापति आरिफ अकील केपीसिंह बिसाहूलाल सिंह तरूण भानोत जीतू पटवारी को कैबिनेट और कमलेश्वर पटेल इमरती देवी विक्रम सिंह नातीराजा उमंग सिंगार जयवर्धन सिंह हिना कांवरे को राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जायेगी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधों को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है

पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जायेगी

शेष तीन दिनों में अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही शासकीय कार्य होंगे इस दौरान अनुपूरक बजट भी लाया जायेगा

इससे यूरिया की आपूर्ति सुचारू हो सकेगी

इस अवसर पर उनके कार्यो और व्यक्तित्व पर केन्द्रित कई कार्यक्रम देशभर में आयोजित किये जा रहे हैं नईदिल्ली में राजघाट के निकट करीब दस करोड़ की लागत से उनकी समाधि बनाई गई है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेयी का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है देशभर में आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है वहीं प्रदेश में आज से सुशासन सप्ताह की शुरूआत हो रही है इस सप्ताह की पूर्व संध्या पर कल राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश भर में अधिकारीकर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलायी

निर्वाचक नामावली पर दावे आपत्तियां की जा सकेंगी नामावली में नाम जोड़नेए संशोधन करने के लिये आवेदन किये जा सकेंगे

चार दिवसीय इस समारोह की शुरूआत प्रसिद्ध सितार वादिका मंजू मेहता के सितार वादन के साथ ही ऋत्विक सांन्याल के ध्रपद गायन और ऋतेष रजनीश मिश्र के गायन से होगी इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय तानसेन तथा राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी प्रदान किए जाएँगे हमारे ग्वालियर संवाददाता ने बताया है कि चार दिवसीय इस समारोह में इस वर्ष सितार वादिका मंजू मेहता को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान और वाराणसी के संकटमोचन प्रतिष्ठान और दिल्ली के नवरंग प्रतिष्ठान को राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जायेगा

किसमस पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर चर्च को रोशनी से सजाया गया वहीं बाजारों में भी विशेष रौनक रही आधी रात को चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं हई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक खुशियों भरा अवसर है जो हमें दया क्षमा प्यार और सहानुभूति के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है राज्यपाल आनंदी बेन पटले और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को किसमस की बधाई दी है मौसम कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

प्रदेश में न्यूनतम तापमानों सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ होशंगाबाद जिले में सामान्य से कम रीवा शहडोल जबलपुर और सागर जिलों में सामान्य से काफी कम तापमान दर्ज किये गये

मौसम विभाग ने आज मुरैना भिण्ड ग्वालियर दतिया छतरपुर पन्ना सतना रीवा और सीधी जिले में कोहरा छाने की संभावना जताई है वहीं रीवा सतना पन्ना छतरपुर शहडोल अनूपपुर डिंडोरी और मंडला जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी दी है

शिवप्री नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है